राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की विलंबित की गई वार्षिक वेतन वृद्धि को फिर से बहाल करने के निर्देश दिए

मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी

उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी के शहीद जवानों को श्रद्दांजलि दी उन्होंने कहा कि सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा है जिसके वे प्रहरी हैं प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं जिन कठिन परिस्थियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी हैं आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है श्री मोदी ने कहा कि सेना की चौदहवीं कोर की बहादुरी की चर्चा हर कहीं होगी और उनकी बहादुरी और बलिदान की गाथाएं देश के घर घर में गूंजेंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत माता और सेना के वीर सपूतों की माता दोनों का सम्मान करते हैं

देशभर में इस तरह के मरीजों का बड़ी संख्या में पता चलने के बाद जिनमें संक्रमण के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं उन मरीजों को घर पर ही आइसोलेट रहने की अनुमति दी जाएगी वहीं नए दिशा निर्देशों के अनुसार साठ वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मरीज और गंभीर बीमारियों से ग्रर्सित मरीजों को उचित जांच के बाद ही घर पर पथकवास की अनुमति दी जाएगी ऐसे मरीजों की देखभाल करने वालों और घनिष्ठ संपर्क में आने वालों को डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जानी चाहिए मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोरोना संक्रमित मरीजों में गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तत्काल डॉक्टर की सलाह जरूरी है दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मरीजों को लक्षण उभरने के दस दिन बाद तीन दिन तक बुखार न रहने पर अस्पताल से छट्टी मिल जाएगी आईसीएमआर कोविड वैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर सभी क्लीनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद पंद्रह अगस्त से स्वदेशी कोविड नाइंटीन वैक्सीन जारी करने की योजना बना रही है आईसीएमआर ने यह महत्वपूर्ण कोविड नाइंटीन वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है आईसीएमआर ने भारत बायोटेक से क्लीनिकल परीक्षण में तेजी लाने को कहा है भारत बायोटेक से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षण के लिए मरीजों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया सात जुलाई से शुरू कर दी जाए कोरोना मरीज प्रदेश में आज आठ नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें से सात मरीजों की रिपोर्ट रायपुर एम्स से आई है जबकि एक मरीज की रिपोर्ट एसएलआर लैब से मिली है राज्य में आज जिन नये मरीजों की पुष्टि हुई है उनमें से पांच मामले राजधानी रायपुर से है रायपुर सांसद सुनील सोनी के निजी सुरक्षा कर्मी पीएसओ की कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आई है सांसद श्री सोनी ने बताया कि इस सुरक्षाकर्मी ने तीन दिन पहले ही कोरोना जांच के लिए अपना नमूना एम्स में दिया था सुरक्षाकर्मी की रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद सांसद श्री सोनी के साथ उनके कार्यालय के अन्य कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा इस बीच राजनांदगांव जिले के लखौली से एक बार फिर कोरोना संक्रमित दो नये मरीज मिले हैं वहीं आज पेण्ड्री स्थित कोविड अस्पताल से अट्ठारह मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई इसके अलावा राजनांदगांव में लोगों को लॉकडाउन से कुछ राहत दी गई है अब दोपहर बारह बजे की बजाय शाम चार बजे तक बाजार खुले रहेंगे इससे पहले कल रायगढ़ जिले में भी सरकारी अधिकारी सहित पांच नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इस बीच महासमुंद जिले में कोरोना सैंपल जांच सुविधा के लिए हाल ही में लगाई गई ट्र नॉट मशीन की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रॉफिसियेन्सी टेस्ट किया गया स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस जांच के तहत रायपुर लैब से परीक्षण किए गए कोरोना सैंपल की दोबारा जांच की गई

राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में कोविड नाइंटीन के मरीजों की रिकवरी दर अटहत्तर दशमलव चार प्रतिशत है इस तरह से पूरे देश में सबसे अच्छी रिकवरी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है प्रदेश में अब तक तीन हजार तेईस लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इनमें से दो हजार तीन सौ बासठ लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं देश में सबसे अच्छी रिकवरी दर उत्तराखंड की है दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर त्रिपुरा है छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्युदर भी केवल शून्य दशमलव पांच प्रतिशत है रमन सिंह प्रे सवार्ता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों को भी अवसर के रूप में बदलने का हौसला रखते हैं डॉक्टर सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति की दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का फैसला हो हर स्थिति में प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि भारत के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री के देश के अस्सी करोड़ जरूरतमंद लोगों को पांच महीने तक मुफ्त में अनाज दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया

वेतन वृद्धि राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की विलंबित की गई वार्षिक वेतन वृद्धि को फिर से बहाल करने के निर्देश दिए हैं इससे पहले कोरोना संकट की वजह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित करने का निर्णय लिया था इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्यमंत्री से उनके रायपुर स्थित निवास पर भेंट की और वित्त विभाग का फैसला वापस लेने का आग्रह किया जिसके बाद मुख्यमंत्री ने वेतन वृद्धि का लाभ निर्घारित तिथि पर ही देने की अनुमति दी लेकिन इसकी एरियर्स राशि का भुगतान छह महीने बाद एकमुश्त किया जाएगा इसके अनुसार जुलाई से दिसंबर महीने तक की वेतन वृद्धि की एरियर्स राशि अगले वर्ष जनवरी महीने में मिलेगी वहीं जिन अधिकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एक जनवरी को होती है उन्हें छह महीने बाद अगले वर्ष जुलाई महीने में एरियर्स राशि का भुगतान किया जाएगा

इसका नाम संस्कृत साप्ताहिकी होगा इसकी पहली कड़ी कल चार जुलाई को सुबह सात बजकर दस मिनट पर आकाशवाणी के एफ एम न्यूज चैनल से प्रसारित की जाएगी इसे सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इसके तहत सप्ताहभर के प्रमुख समाचारों के साथ ही संस्कृत साहित्य इतिहास कला संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे गोधन न्याय योजना प्रदेश में गोधन न्याय योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं कोई भी व्यक्ति या संगठन रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ कृषि विपणन मण्डी बोर्ड कार्यालय को अपने सुझाव भेज सकते हैं राज्य में यह योजना हरेली पर्व के दिन से शुरू होगी इस योजना का उद्देश्य गौठानों के जरिये ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है एकलव्य आवासीय विद्यालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए चालू शिक्षण सत्र में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी वर्तमान में राज्य में बयालीस ऐसे स्कूल संचालित हैं जिनमें से पच्चीस स्कूलों के लिए पद संरचना की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग के सचिव डीडी सिंह ने यह जानकारी संबंधित शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में दी इसमें अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पहले से चल रहे ऐसे स्कूलों के परिसर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोटर्स की स्थापना की जाएगी इसके लिए सूरजपुर के भैय्याथान राजनांदगांव और धमतरी जिले के नगरी के स्कूल का प्रस्ताव भेजा गया है

मंडल द्वारा तीन लोडेड मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर ट्रिपल लॉन्ग हॉल रैक सुपर एनाकोंडा चलाई गई यह रेलगाड़ी राबर्टसन स्टेशन के साइडिंग से चक्रधरपुर स्टेशन तक चलाई गई पंद्रह हजार टन से अधिक क्लिंकर से लोडेड यह लॉन्ग हॉल रैक एक सौ चौहत्तर वैगनों को जोड़कर चलाई गई इसी तरह नागपुर रेलमंडल ने भी चार मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर सुपर पायथन का परिचालन किया यह ट्रेन राजनांदगांव जिले के परमालकसा रेलवे स्टेशन से दुर्ग तक चलाई गई इस सुपर पायथान ट्रेन में दो सौ छत्तीस वैगन चार ब्रेक वैन और नौ विद्युत लोको का इस्तेमाल किया गया विवेकानंद पुण्यतिथि कल स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है आज जारी अपने संदेश में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया है उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिखाया और वे युवाओं को नेतृत्व करने की प्रेरणा देते थे उन्होंने कहा कि उनका छत्तीसगढ़ से बहुत करीब का नाता रहा है और स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय छत्तीसगढ़ में बिताया भाजयुमो आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज प्रदेश सरकार की कथित वादाखिलाफी के विरोध में आंदोलन किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तीन तीन की संख्या में कार्यकर्ताओं और युवा जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने घरों के सामने सरकार का पुतला जलाने की कोशिश की लेकिन पुलिसकर्मियों ने इन कार्यकर्ताओं को रोका और कई जगहों पर पुतला दहन नहीं करने दिया मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि यह प्रदर्शन युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने तथा पूर्ण शराबबंदी लागू करने और धान का बोनस राशि देने की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर किया गया कैश वैन लुट रायगढ़ जिले में आज दोपहर अज्ञात आरोपियों ने कैश वैन के चालक की गोली मारकर हत्या कर दी और तेरह लाख रूपये लूट लिए इस दौरान आरोपियों ने सुरक्षा गार्ड पर भी गोली चलाई गोली लगने से सुरक्षा गार्ड गंमीर रूप से घायल हो गया है यह घटना किरोड़ीमल नगर के आजाद चौक के पास की है मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर एक कैश वैन कोतरा रोड स्थित स्टेट बैंक के एटीएम में पैसा डालने पहुंची इसी दौरान एक मोटरसाइकिलं पर सवार दो लोग कैश वैन के पास पहुंचे और इनमें से एक आरोपी ने वैन चालक के सिर पर गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई गोली लगने से एक सुरक्षा गार्ड भी घायल हो गया जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहे हैं अंतिम समाचार लिखे जाने तक किरोड़ीमल नगर की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है

बताया जाता है कि माओवादियों ने यह विस्फोटक सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से मर्दापाल थाना क्षेत्र के मुल्लन पुजारपारा में लगा रखा था भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की इकतालीसवीं बटालियन के जवानों ने गश्त के दौरान इस विस्फोटक को बरामद किया इसमें इंजेक्शन के सीरिंज को ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल किया गया था मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के अनुसार एक मानसून द्रोणिका गंगानगर ग्वालियर सीधी डाल्टनगंज और दीघा होती हुई उत्तर बंगाल की खाड़ी तक समुद्र तल पर स्थित है वहीं एक चक्रवाती घेरा उत्तरप्रदेश और उसके आसपास के इलाके में बना हुआ है इसके असर से आने वाले दिनों में एक बार फिर से मानसूनी गतिविधियां बढ़ सकती हैं वहीं आगामी चौबीस घंटों के दौरान भी राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद बदली छाई और गरज चमक के साथ बारिश हुई संक्षिप्त समाचार महासमुंद जिले के बागबाहरा थाने में पदस्थ एएसआई इंद्रकुमार ठाकुर की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई चिकित्सकों के अनुसार शुगर लेबल बढ़ने की वजह से उनकी मौत हुई है धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानु ने आज जनरल परेड के बाद पुलिस दरबार लगाकर जवानों की समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के आदेश दिए महासमुंद स्थित कलेक्टोरेट कार्यालय के प्रभारी अधीक्षक के खिलाफ महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया है जांजगीर चांपा जिले में खरीफ फसलों की बोआई के लिए अब तक किसानों को नब्बे हजार क्विंटल मानक बीज का वितरण किया जा चुका है कृषि विभाग के अनुसार जिले में किसानों को करीब एक लाख अड़तीस हजार क्विंटल मानक बीज देने का लक्ष्य रखा गया है रोका छेका कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले के अठासी गौठानों में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया इस शिविरों में किसानों को यह संकल्प दिलाया गया कि पशुओं को चराई के लिए खुला नहीं छोड़ेंगे बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बादागांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई जांजगीर चांपा जिले के जिला पंचायत परिसर में आयुषी कैंटीन शुरू की गई है इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलेंगे